मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में जलरक्षक संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिए प्रयासरत है और राज्य का समग्र व तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है इस अवसर पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार विभाग की योजनाओं के कियान्वयन में जल रक्षकों को और अधिक ज़िम्मेदारी देने पर विचार करेगी

वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज शिमला में वन अग्नि पर आधारित क्षेत्रीय रिपोर्ट का विमोचन करने के बाद ये बात कही गोबिंद ठाकर ने कहा कि वनों की आग इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी बाधा है लेकिन इसके प्रबंधन व रोकथाम के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है वन मंत्री ने कहा कि वनों की आग की घटनाओं से समय रहते निपटने की सरकार की प्राथमिकता है ताकि हिमाचल को हरा भरा बनाया जा सके इस मौके पर हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के वन अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में वन अग्नि प्रबंधन पर विचार साझा किए वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार सहित विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ पीयूष डोगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए सरवीण प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं और इनका उद्देश्य महिलाओं व बेटियों की कार्य कुशलता बढ़ाना भी है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चैक वितरण समारोह में ये जानकारी दी

बिंदल राज्य सरकार ने सिरमौर जिले में नाहन नगर परिषद के तहत निर्मित होने वाले दो पार्किंग स्थलों के लिए एक करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे शहर में लम्बे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या का समाधान होगा

अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिलासपुर जिले में लोगों को बेहतर विद्युत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए केन्द्र सरकार की इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम कारगर भूमिका निभाएगी

अनुराग ठाक्र ने कहा कि इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम का कार्य अगले वर्ष मार्च महीने तक प्ररा करने के प्रयास किए जाएंगे

इस बीच अनुराग ठाकुर ने स्वारघाट की कुटेहल पंचायत में श्रम व कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की

अनुराग ठाक्र ने कहा कि भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत कामगारों और उनके परिजनों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं आभार प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने शिलाई क्षेत्र के विकास के लिए उदारता से विभिन्न परियोजनाए व कार्यालय स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है